नई दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ंबढ़ रहे चालू खाता घाटा और पूंजी बाहर जाने से रोकने के सरकार के पांच सूत्री उपायों के तहत यह कदम उठाया गया है सरकार ने विमान ईंधन पर भी पांच प्रतिशत आयात शुल्क की घोषणा की है इससे पहले इस पर कोई आयात शुल्क नहीं था

इसके अलावा जेवरात किचन और कुछ प्लास्टिक के सामान और सूटकेस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है

वे यहां कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले श्री मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे करीब सवा घंटे के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोणार्क कॉर्प्स के युद्ध स्मारक पर जाएंगे और वहां पुष्प अर्पित करेंगे इसके बाद वे प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे इसके बाद जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रोय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप की टीम ने कल जोधपुर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया

इसके साथ ही बालोतरा में नहरी पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है

ये पैनोरमा राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रौन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाये गये है

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने घोषणा की है कि नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए यह पुरस्कार देर्न का निर्णय किया गया है

इसके लिये केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय सड़क यातायात और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद व्यक्त किया है

श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच लोगो को गिरफ्तार किया जा चुका हैं

इस अवसर पर प्रदेशमर में विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जा रहे है सीकर के फतेहपुर में आज सुबह हैरीटेज वॉक का आयोजन किया गया आज पर्यटकों के लिये प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालयों और संरक्षित स्मारकों में मुफ्त प्रवेश की सुविधा दी गई है